केन्द्र ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्हें भारतीय नागरिकता दी जायेगी

पुलिस उपायुक्त जॉय तिर्की ने इस महीने की पांच तारीख को विश्वविद्यालय परिसर में हुई घटना के बारे में मौडिया को ै जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस संदिग्धों को नोटिस भेज कर उनसे जवाब तलब करेगी जेएनयू के कुलपति जगदेश कुमार ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने बताया कि शीतकालीन सेमेस्टर के लिए पंजीयन की प्रक्रिया सुवारू रूप से चल रही है और अगर जरूरत पड़ी तो इसकी तिथि बढ़ाई जाएगी वहीं उच्च शिक्षा सचिव अभित खरे ने जेएनयू के छात्रों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है

इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध खासतौर पर बच्चों के अश्लील चित्रण तथा उनके साथ दुर्व्यवहार से संबंधित मामलों के बारे में सूचना दी जा सकेगी

यह इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी है नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार मदय संयम नीति की कडाई से पालना कराने में कोई कसर ैनहीं छोडेगी उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार की योजना बनाने के निर्देश दिए है श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढी को मादक पदार्थो से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कल एक पत्र के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों तथा जयपुर और जोधपुर के पुलिस कमिश्नरों को आदेश की पालना कराने को कहा है इस पत्र में लोहे और कांच की कोटिंग वाले मांझे तथा चाइनीज मांझे की बिकी पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को कहा गया है यह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में जारी किया है

कल इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिये है सभी मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में फिल्म पर एसजीएसटी में छट दी जायेगी इस दौरान सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और ना ही सीटों में वृद्धि होगी